प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने घटना में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

पुलिस के अनुसार ये सभी मजदूर बांसवाड़ा के बताए जा रहे हैं केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल नई दिल्ली में होगी कृषि मंत्रालय द्वारा कल देर रात जारी एक वक्तव्य में नए कार्यक्रम की पुष्टि हुई और किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है इस बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर नियुक्त पैनल आज अपनी पहली बैठक करेगा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती देशभर में हर साल पराकम दिवस के रूप में मनाई जाएगी संस्कृति मंत्रालय ने इस बारे अधिसूचना जारी की है देश के लिए नेताजी के अभूतपूर्व योगदान की याद में केन्द्र ने यह निर्णय लिया है

देशभर में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत प्रदेश में भी कई गतिविधियां हो रही हैं जैसलमेर में जिला कलक्टर ने इस उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ फ्लेक्स पर अपने हस्ताक्षर कर किया

जैसलमेर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का अंतर मंत्रालयिक केन्द्रीय दल आज से दो दिवसीय दौरा करेगा यह दल आज शाम बाड़मेर से जैसलमेर पहुंचेगा

पांच जिलों चूरू धौलपुर करौली सवाई माधोपुर और सिरोही में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज सर्दी का असर बरकरार है पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर संभाग के विभिन्न स्थानों पर आज अति से अति घना कोहरा छाया रहा वहीं पूर्वी राजस्थान में जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया